मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेज गति से संक्रमण के फैलाव वाले जिलों में युद्वस्तर पर काम करने के दिए निर्देश चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने नर्सिंगकर्मियों की भर्ती प्रकिया शीघ्र पूरी कर नियुक्तियां देने को कहा केन्द्र ने राज्यों को लॉकडाउन की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश

राजधानी जयपुर और झुंझुनूं कोरोना के नये हॉट स्पॉट बनकर उभरे हैं जयपुर का रामगंज देश के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में शामिल हो गया है शुरूआत में कोरोना हॉट स्पॉट बने भीलवाडा में हालात तेजी से सामान्य हो रहे है

भीलवाडा मॉडल पूरे देश में एक नजीर बनकर उभरा है

इस क्षेत्र में संकमण की स्थिति नाजुक है और वायरस के सामुदायिक प्रसार यानी कम्पूनिटी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए आपात योजना लागू करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि जयपुर जोधपुर चूरू टोंक और झुंझुनू जिलों में सक्रमित व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ रही है जिसके लिए तुरंत सैम्पल कलैक्शन और टेस्टिंग की गति बढाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मौके पर ही रैंडम टेस्ट के लिए सैम्पल की सुविधा होनी चाहिए श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर नियमित वीडियो कांफ्रेंस में कहा कि जयपुर में भीलवाडा की तर्ज पर बडी संख्या में संदिग्ध लोगों को आईसोलेट करना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के जिन क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आये है वहां लोगों की आवाजाही को तुरंत और अधिक सख्ती से रोकने की आवश्यकता है शहर के दूसरे हिस्से में भी केवल अतिआवश्यक सेवाओं से जुडे व्यक्ति ही अपने घरों से बाहर निकलें उन्होंने शहर में स्वास्थ्यकर्मियों की अपने घर से कार्य स्थल तक आवाजाही को भी नियंत्रित कर न्यूनतम करने का सुझाव दिया

ऐसे में राज्यों की आर्थिक स्थिति समझते हुए केन्द्र सरकार की ओर से अत्यावश्यक कदम उठाने चाहिए उन्होंने कहा कि ताजा वित्तीय स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार को राज्यकर्मियों के मार्च माह के वेतन को आंशिक रूप से स्थगित करने का मुश्किल फैसला लेना पडा

जोधपुर में कल एक नया संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के तीन और थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है इसके साथ ही अब जोधपुर में सात थाना क्षेत्रों में कफ्यू लग चुका है पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पुलिस स्टेशन सदर बाजार कोतवाली का सम्पूर्ण क्षेत्र और उदय मंदिर थाने के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है कोटा में एक ही दिन में दस मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने शहर के परकोटा और भीमगंज मण्डी थाना क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी जोन घोषित कर दिया है चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर सर्वे कर रही है और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय सुबह दस बजे से पांच बजे तक तय कर दिया गया है कोटा में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद बारो जिले को भी हाई रिस्क जोन में रखा गया है जिले की सभी सीमओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है और अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया गया है पाली जिले के लापोद गांव में कोरोना का मरीज मिलने के बाद गांव के सात किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है

कल जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया

बाडमेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने एक बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संदिग्ध मरीजों की लगातार मोनिटरिंग करने और जरूरतमंदों को समय पर खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए